आज इंदौर में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने अपने तेरह वर्षो से अधिक समय के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में और बेहतर कार्य किये जाएंगे उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में दतिया रतलाम शहडोल विदिशा खंडवा छिदवाडा और शिवपुरी में मेडीकल कालेज खोले गये है और वहीं सतना छतरपुर और सिवनी में भी नये मेडीकल कालेज खोलने की योजना है इन कालेजों के खुलने से चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी जिससे प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविघा आसानी से मिल सकेगी श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी में गंदे पानी को विपरीत दिशा में मोडते हुए सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाये जा रहे है इस प्लांट से जो भी पानी निकलेगा उसे खेतों में सिचाई के लिये उपयोग किया जाएगा

इस तरह पेंशनरों का महंगाई राहत भत्ता अब एकसौ छत्तीस प्रतिशत से बढ़कर एकसौ उनतालीस प्रतिशत होगा भोपाल में मंडल के अध्यक्ष कृष्णमुरारी मोघे की अध्यक्षता में आयोजित संचालक मंडल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मंडल की अनसोल्ड प्रापर्टी के मूल्यों का युक्तियुक्तकरण करने की अवधि को पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया है वहीं बोर्ड की संपत्ति आफर के माध्यम से खरीदने वाले हितग्राहियों को पूर्ण मूल्य के भुगतान के लिये पूर्व में दी गयी चार किस्त को बढाकर बारह किस्त करने का निर्णय भी लिया गया मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग नरेन्द्र मोदी एप और माय जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव मेज सकते हैं

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मेले में कक्षा पांच से बारहवीं तक के छात्र शामिल हो सकेंगे मेले में पर्यटन और होटल प्रबंधन संबंधी रोजगार के लिये पात्रता अनुसार आवेदकों की भर्ती की जाएगी अंत्योदय एक्सप्रे स बीकानेर से बिलासपुर के बीच चलने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाडी के कल कटनी मुडवारा स्टेशन पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ट्रेन के चालक और परिचालक का सम्मान किया गया इस ट्रेन का शुभारंभ रेल राज्य मंत्री राजेश गोहीन ने किया यह गाड़ी प्रति गुरूवार और शुक्रवार को मुडवारा से मिलेगी लोकअदालत प्रदेश भर में कल आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौतों के आधार पर कई प्रकरणों का निराकरण किया गया छतरपुर जिले में चार सौ से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया

खंडवा जिले में आयोजित लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय शुक्ला ने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जा सकता है

रायसेन जिले में आयोजित लोकअदालत में एक हजार से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया गया

मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश का दौर जारी है मौसम विभाग के अनुसार होशंगाबाद इंदौर उज्जैन जबलपुर सागर शहडोल भोपाल रीवा ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में अधिकतर स्थानों पर हल्की से माध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है इस दौरान झाबुआ अलीराजपुर धार देवास इंदौर होशंगाबाद बैतूल हरदा विदिशा और रायसेन जिलों में अनेक स्थानों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है राजघानी भोपाल में भी इस दौरान बादल छाए रहेंगे

इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर नीम के बीजों का रोपण किया जा रहा है